गिरिडीह जिले की पचम्बा थाना पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार नकली नोट बरामद

ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को आठ विकेट से हराया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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महा सम्मेलन में कल श्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाये गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभदायक है श्री मोदी ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल करना शुरू किया तो विपक्ष किसानों में भ्रम और भय फैलाना प्रारंभ कर दिया

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है श्री मोदी ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती गिरिडीह जिले की पचम्बा थाना पुलिस ने जाली नोट छापनेवाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि पचम्बा पुलिस को सूचना मिली थी कि नकली नोट को बैंक करेंसी में बदला जा रहा है पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम बनाकर छापेमारी की और ड्मरी थाना निवासी सुधीर विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि नकली नोट प्रिंटर के जरिये छपता था आरोपी के खिलाफ पहले से ही हीरोडीह थाना में मुकदमा दर्ज है भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहली बार पाकुड पहुंचे श्री मरांडी ने लिट्टीपाड़ा दामिन डाक बंगला परिसर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार खान खनिज को लूटने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी और किसानों की ऋण माफी की घोषणा की थी लेकिन सरकार के एक साल पूरे हो गए पर वादा पूरा नहीं हुआ रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है उप विकास आयुक्त इस योजना में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं

इसी क्रम में नगर आयक्त माधवी मिश्रा ने परिसदन में अपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की

अपार्टेमेंट में कचरा निष्पादन के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया गया सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई वहीं नगर आयुक्त ने वैसे अपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को खास दिशा निर्देश जारी किया जिसके द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा हैं

लातेहार जिले के चंदवा और सदर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की दो उग्रवादी संगठन के सदस्यों से आज मुठभेड़ हई इस दौरान जवानों ने उग्रवादी संगठनों के हथियार बरामद किये वहीं जवानों को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल की ओर भाग निकले जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक विप्ल शुक्ला ने बताया कि चंदवा थाना क्षेत्र में तृतीय सम्मेलन प्रस्तृति कमेटी से जबकि सदर थाना क्षेत्र में झारखंड जगुआर की झारखंड जनमुक्ति परिषद के उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई नक्सल प्रभावित जिला खूंटी में इन दिनों जिले के पुलिस मुख्यालय का मंजर बदला बदला नजर आ रहा है उग्रवाद प्रभावित अड़की बिरबांकी मारंगहादा सायको समेत मुरह तोरपा और खूंटी थाना क्षेत्र के युवाओं की भीड़ सुबह से ही जिला पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में आने लगी हैं भीड़ उमड़ने का कारण देश की सरहदों में सेवा देने कर्क लिए युवाओं का जुनून है उग्रवाद प्रभावित जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नक्सली और उग्रवाद घटनाएं होती हैं उन्हीं इलाकों के युवाओं में देश सेवा के लिए आगे आने की मंशा साफ झलकती है जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निचले तल्ले में काउंटर खुलते ही युवा अपने आचरण प्रमाण पत्र के लिए कतारबद्व हो जाते हैं युवाओं ने कहा कि जब देश सेवा का मौका मिले तो खूंटी के युवा देश की सुरक्षा में पहली पंक्ति में खड़े होने को तैयार हैं हजारीबाग में तीन दिन पूर्व पीसीआर वैन के चालक और पुलिस जवान वीरेंद्र क्मार मेहता की मौत मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि इस मामले में उसका एक रिश्तेदार अशोक कमार मेहता ही षड्यंत्रकर्ता और हत्यारा है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक जवान की पत्नी के नाम संपत्ति थी उसे हथियाने और पत्नी को प्रेम जाल में फंसाने के षड्यंत्र की योजना बनाकर रिश्तेदार अशोक मेहता ने जवान की हत्या की इस मामले में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बोलेरो दो मोबाइल सेट और कपड़े भी बरामद किये हैं चतरा जिले की औद्योगिक नगरी और टंडवा प्रखंड के स्थानीय पत्रकार रवीन्द्र बक्सी की गाड़ी को रोक कर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है इस दौरान रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की गई प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार रबिंद्र बक्सी अपने दुर्घटनाग्रस्त पुत्र का इलाज कराकर रात में हजारीबाग से अपने घर टंडवा लौट रहे थे इसी दौरान टंडवा स्थित उनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित केरेडारी थाना क्षेत्र के डम्भाबागी एनटीपीसी बाईपास के समीप लाठी डंडो से लैस कुछ अपराधियों ने उनकी गाड़ी रोक दी गाड़ी रुकने के बाद उनसे रंगदारी की मांग की गई विरोध करने पर पत्रकार के अलावा उनके बेटे के साथ भी मारपीट की गई इस घटना के तत्काल बाद पत्रकार द्वारा करेडारी और टंडवा पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई भुक्तभोगी श्री बक्सी ने बताया कि पुलिस के आने की भनक मिलते ही सभी अपराधी भाग गए श्री बक्सी ने इस संबंध में केरेडारी थाने में शिकायत दर्ज करायी है इधर पत्रकार संघ केरेडारी और टंडवा के मीडिया प्रतिनिधियों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेता जनसेवक कुमार रौशन को झारखंड इंटक युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी ने श्री रौशन को इस संबंध पत्र दे दिया है

कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई ने फीस वृद्धि को लेकर आज राजधानी स्थित गोस्सनर कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया बाद में प्राचार्य से हुई वार्ता में छात्र हित में कई फैसले लिए गए

आंदोलन का नेतत्व कर रहे एनएसयुआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिकेत राज ने इसे छात्रों की जीत बताया उन्होंने कहा कि छात्र हित में एनएसयू आई सदैव छात्रों के साथ खड़ी है राजधानी रांची सहित राज्यभर में ठंड बढ़ गई है तेज धूप के बावजूद लोग ठंड से कांप रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और प्ररे राज्य में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से आ रही ठंडी हवा के कारण रांची सहित पूरे राज्य में कनकनी बढ़ी है रांची का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस के करीब पहंच गया जबकि कांके का तापमान एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस कम यानि बाइस दषमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में ठंड बढने के आसार हैं इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी स्थित सभी रैन बसेरों को व्यवस्थित करने का सुझाव रांची के उपायुक्त छबि रंजन को दिया है सांसद ने रांची के चौक चौराहों और ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रखंड मुख्यलयों में अलाव की व्यवस्था करने को कहा है श्री सेठ ने कहा कि बहत से गरीब बेसहारा रिक्शा चालक मजदूर सड़कों के किनारे चौक चौराहे और यात्री पड़ावों में जीवन गुजारते हैं ठंड के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने उपायुक्त से कहा कि रांची शहर में बनाये गए रैन बसेरा का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को मिले यह सुनिष्वित किया जाना चाहिए उन्होंने सभी रैन बसेरों में कंबल बिस्तर और सोने के लिए चौकी की व्यवस्था के साथ ही बिजली की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में पहले दिन और रात के क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को आठ विकेट से हरा दिया है

मेजबान टीम के लिए जॉश हेजलव्ड ने पांच और पैट कुमिंस ने चार विकेट लिए